सुबह साढ़े सात बजे मतदान शुरू होने के साथ ही मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया हालांकि सर्दी के कारण सुबह मतदान की गति धीमी रही उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने गांव हदां में मतदान किया

मतदान शाम पांच बजे तक चलेगा

मतदान के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है

नामांकन पत्रों की जांच एक दिसम्बर को होगी

हालांकि निदेशालय ने कहा है कि कुछ मागोँ पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उडानों की अनुमति गुण दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है

गौरतलब है कि तीन दिसंबर से इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेना की विजय का स्वर्ण जयंती वर्ष शुरू हो रहा है प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है मौसम विभाग ने आज से राज्य के उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है सवाई माधोपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा इसका असर यातायात और आम जन जीवन पर देखा गया